पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश

और लखीसराय के हलसी में ट्रक की चपेट में आकर आठ लोगों की मौत

प्रदेश में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक बूढ़ी गंडक और बागमती नदी पूरे उफान पर हैं इन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी पर बने वाल्मिकीनगर बराज से आज भी अस्सी हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इससे नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि बगहा में टेंगराहा नदी का उत्तरवर्ती बांध ट्रट जाने से बरवा खूर्द बिनवलिया भेलाही और नौतनवा सहित आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद वाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व के कई इलाके जलमग्न हो गये हैं पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने गंडक किनारे और तटबंधों के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिये हैं पूर्वी चंपारण जिले में फुलवरिया घाट के पास लालबकैया और बागमती नदी का पानी सड़क पर आ जाने से शिवहर मोतिहारी मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप्प हो गया है अररिया जिले में कनकई परमान बकरा और भलुआ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सिकटी पलासी जोकीहाट और कुर्साकांटा प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है पूर्णियां से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से बिजली के कई पोल गिर गये हैं इससे बायसी और अमौर बैसा प्रखंड के कई गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गयी है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के पिपराही तरियानी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है जल संसाधन विभाग ने इन क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है सीतामढ़ी के कंटौझा डुब्बाघाट ढेंग रेलवे ब्रिज और सोनाखान में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इधर मुजफ्फरपुर में बागमती और ब्रढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जिले के औराई और कटरा क्षेत्रों से लोगों को बांध के किनारे से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश रिकार्ड की गयी है पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीवान सीतामढ़ी शिवहर अररिया और किशनगंज में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है सबसे अधिक सोलह सेंटीमीटर बारिश सीवान के सिसवन में रिकार्ड की गयी वहीं सारण जिले के छपरा में चौदह सेंटीमीटर और बक्सर में ग्यारह सेंटीमीटर बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है कल पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी अररिया किशनगंज और कटिहार में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल से एक सप्ताह के भीतर ताजा रिपोर्ट देने को कहा है न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर पैनल द्वारा इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकाला जाता तो पच्चीस जुलाई से इसकी नियमित सुनवाई की जायेगी

न्यायालय ने यह आदेश मूल याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विषारद की याचिका पर दिया है अपनी याचिका में विषारद ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे के समाधान के लिए मध्यस्थता का जो आदेश दिया था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है समाचार कक्ष से आरती राना अयोध्या में करीब पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांटने के दो हजार दस के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह याचिकाएं दाखिल की गई हैं प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड पर खाद्यान्न का उठाव कर कालाबाजारी के मामले को लेकर विपक्षी दल राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वे इस मामले को खुद देखेंगे और सही पाये जाने पर सदन की कमिटी से जांच भी करायेंगे राजद के भाई विरेन्द्र के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य में नौ लाख अड़सठ हजार फर्जी राशन कार्ड चिन्हित किये गये हैं इनमें से दो लाख उनसठ हजार का आवंटन रोक दिया गया है मंत्री के जवाब से असंतुष्ट राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने सवाल किया कि फर्जी राशन कार्ड पर खाद्यान्न के उठाव के लिये दोषी पदाधिकारियों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के हलसी प्रखंड कार्यालय के पास विवाह समारोह के दौरान ट्रक की चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि हलसी बाजार निवासी द्रखी मांझी की बेटी की शादी थी जिसमें शामिल होने के लिये बारात जिले के नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर गांव से आयी हुयी थी देर रात बाराती और कन्या पक्ष के कुछ लोग खाना खाने जा रहे थे जबकि अन्य लोग सड़क किनारे बनी झोपड़ी में बैठे थे इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बारह लोगों को कुचल दिया जिसमें आठ की मौके पर ही मौत हो गयी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जतायी है श्री कुमार ने मृतक के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद शनिवार तेरह जुलाई को पटना में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के केन्द्र का शुभारंभ करेंगे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी बड़ी साफ्टवेयर कंपनी का यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा औरंगाबाद जिले में स्थित एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई से बिजली का उत्पादन अगले सप्ताह से शुरू हो जायेगा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि छह सौ साठ मेगावाट क्षमता वाली इकाई से परीक्षण के आधार पर बिजली उत्पादन चल रहा है उन्होंने कहा कि यहां से उत्पादित अठहत्तर प्रतिशत बिजली बिहार को प्राप्त होगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्र का कवरेज दो हजार सत्रह में बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पंद्रह प्रतिशत हो गया है श्री मोदी ने आज विधान परिषद में राजद के सुबोध कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि दो हजार ग्यारह में प्रदेश का हरित आवरण कुल क्षेत्रफल का नौ दशमलव सात नौ प्रतिशत था उन्होंने कहा कि हरियाली बढ़ाने के लिये दो हजार बारह से दो हजार सत्रह के बीच अठारह करोड़ सैंतालीस लाख पौधे लगाये गये हैं श्रावणी मेले के अवसर पर उत्तरी और पूर्वी बिहार से सुल्तानगंज तथा देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे पंद्रह जुलाई से विशेष ट्रेन का परिचालन शुरु करेगा बरौनी बेगूसराय और मुंगेर पुल के रास्ते होकर यह ट्रेन गोरखपुर से देवघर तक चलेगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गोरखपुर देवघर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन पंद्रह अगस्त तक चलेगी अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद पिछले दिनों मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर का पद गंवाने वाले सुरेश कुमार फिर से इस पद पर काबिज हो गये हैं आज मेयर पद के लिये हुए मत विभाजन में सुरेश कुमार को सताईस पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राकेश कुमार पिंटू को पांच मतों के अंतर से पराजित किया बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के भलजौर गांव के पास से पुलिस ने एक ट्रक से सात सौ पांच किलो गांजा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है

पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश

और लखीसराय के हलसी में ट्रक की चपेट में आकर आठ लोगों की मौत